प्रदेश में आमजनता की बजरी की परेशानी को देखते हुए इसका विकल्प मुहैया कराया जायेगा खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अब सभी राज्यों के किसानों को मिलेगा फायदा राज्य योजना लागू करने के लिये हुए सहमत

मुख्यमंत्री ने कल बजट को अंतिम रूप दिया संभावना है कि आज के बजट में नई उद्योग नीति लाने की घोषणा की जाये इसके अलावा रिफाइनरी से जुडे उद्योगों को करों में राहत देने का ऐलान भी हो सकता है राज्य सरकार किसानों की कर्जमाफी संविदाकर्मियों को नियमित करना मुफ्त दवा योजना का दायरा बढाना और भामाशाह की जगह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का ऐलान भी कर सकती है हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद से ये सरकार अब तक कई बीमारियों की दवाओं को निःशुल्क दवा योजना में पहले ही शामिल कर चुकी है साथ ही लडकियों को कॉलेज स्तर की शिक्षा निःशुल्क दिये जाने की घोषणा भी हो चुकी है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि सार्यजनिक परिवहन न होने के कारण परेषानी का सामने कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही बस की सुविधा शुरू की जायेगी कल विधानसभा मे एक प्रश्न के जवाब में श्री खाचरियावास ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मार्गो का सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के बाद सरकार वित्तीय स्थिति देखते हुए बसे शुरू करेगी विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री खाचरियावास ने बताया कि सरकार गावों को शहरों से जोड़ने की दिशा में प्रयास कर रही है

प्रदेश में व्यापक रूप से फैले अवैध बजरी खनन को रोकने के लिये सरकार ने सख्त कार्यवाही की है कल विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि आम जनता को बजरी की किल्लत से बचाने के लिये बजरी का विकल्प मुहैया करवाने पर भी विचार किया जा रहा है

ये रिश्वत परिवादी से अवैध बजरी परिवहन की एवज में मांगी गई थी

ये रिश्वत परिवादी का तबादला होने पर उसे कार्यमुक्त करने की एवज में मांगी गई थी प्रदेश में जल शक्ति अभियान के कार्यो के अवलोकन के लिए आया हुआ केन्द्रीय दल आज जल शक्ति अभियान के तहत किए जा रहे कार्यो का भौतिक सत्यापन और निरीक्षण करेगा गौरतलब है कि केन्द्रीय दल प्रदेश के दो दिन के दौरे पर है कल दल के वरिष्ठ अधिकारियों ने सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर के साथ एक बैठक की और वहां हो रहे विभिन्न कार्यो की समीक्षा की कल ही झुंझुन् में जलशक्ति अभियान के नोडल अधिकारी और भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने सघन पौधरोपण अभियान का निरीक्षण भी किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब सभी राज्यों में लागू हो जायेगी कृषि राज्य मंत्री पुरूषोतम रूपाला ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी राज्य इसे लागू करने पर सहमत हो गये है उन्होंने कहा कि राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की इस बारे में बैठक में यह सहमति हुई

केन्द्र सरकार अगले साल तक एक करोड़ नागरिकों को मकान उपलब्ध कराने के अपने वादे को लेकर प्रतिबद्द है और वह गरीब वर्ग के लिए किफायती आवास योजना के तहत सभी नागरिकों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल दूरदर्शन के साथ बातचीत में यह जानकारी दी

संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद यह जानकारी दी

इस उपलक्ष में जिला प्रशासन की ओर से चार दिवसीय रजत जयंती समारोह की आज से शुरूआत हो गई है

भारत और न्यूजीलेण्ड के बीच आईसीसी किकेट विश्वकप का पहला सेमीफाइनल मैच कल बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका

मैच वहीं से शुरू होगा जहां न्यूजीलैण्ड की पारी थमी थी ये मैच दोपहर तीन बजे से शुरू होगा समोआ में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैम्पियनशिप के पहले दिन कल पूर्व विश्व चैम्पियन मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीत लिया